सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद के लिए दी जायेगी पांच एकड़ उपयुक्त भूमि

लोगों से देश के विकास के लिए मिलकर कार्य करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने कल एक ऐतिहासिक फैसले में अरसे से लम्बित अयोध्या भूमि विवाद मामले पर फैसला सुनाया प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संक्विन पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में व्यवस्था दी कि दो दशमलव सात सात एकड़ का समूचा विवादित भूखंड केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और इसे मंदिर के निर्माण के लिए न्यास को सौंपा जाएगा न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि अयोध्या शहर में किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ का उपयुक्त वैकत्पिक भूखंड द्वंढा जाना चाहिए पीठ ने कहा कि दो दश्मलव सात सात एकड़ के विवादित भूखण्ड का मालिकाना हक रामलला विराजमान को सौंपा जाएगा न्यायालय ने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक न्यास बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों द्वारा उच्यतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जाना भारत की सामाजिक सद्भाव की प्राचीन संस्कृति और परम्परा को दर्शाता है राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन अगर किसी के मन में कोई कट्ता है तो यह उसे भुला देने का दिन है उन्होंने कहा कि यह दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में भी एक स्वर्णिम अध्याय है क्योंकि न्यायालय ने दशकों पुराना एक मामला निपटाया है श्री मोदी ने जनता का आह्वान किया कि वे नए सिरे से शुरूआत करें और यह सुनिश्चित करें कि देशवासी सबका साथ सबका विकास की भावना से राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट हो जाएं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने देश को यह संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है कानून के दायरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धेर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय के फैसले से एकजुट होने का संदेश मिलता है और उच्चतम न्यायालय ने यह दिखा दिया है कि जटिल मामलों को भी सुलझाया जा सकता है सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सर्वेरा लेकर के आया है इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आइये एक नई शुरूआत करते है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में देश के संविधान और न्यायिक प्रणाली पर लोगों का भरोसा कायम रहना बहुत बड़ी बात है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला समूचे भारत की जीत है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में सभी समुदाय और धर्मो के लोगों से अपील की कि वे इस निर्णय को स्वीकार करे और शांति तथा सौहार्द बनाये रखें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस निर्णय को प्रत्येक व्यक्ति को पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश की एकता सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है अयोध्या का जो फैसला है वो किसी की हार और किसी की जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए और इस न्यायिक फैसले को जीत के जुन्नी जश्न और हार के हाहाकारी हंगामें की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए हमें पूरी तरह से देश के सौहार्द देश के भाईचारे और देश की एकता की जो डोर है जो संस्कृति और संस्कार है उसे हर हाल में मजबूत करना है अयोध्या भूमि विवाद मामले के एक पक्षकार इकबाल अंसारी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस निर्णय का स्वागत किया है उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड उच्चतम न्यायालय के फैंसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं करेगा एक वक्तव्य में बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर न तो समीक्षा याचिका दायर करेंगे और न ही उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि वे श्रीराम जन्मभूमि पर आए सर्वेच्च न्यायालय के फैसले के बाद आपसी सौहाई बनाए रखें उन्होंने कहा कि इस फैसले ने देश और दुनिया में भारत की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र की मजबूती को फिर से साबित कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से इस फैसले को जनता ने स्वीकारा है इससे यह निश्चित हो गया है कि कठिन परिस्थितियों में भी संवैधानिक दायरे में रहकर हम बड़े से बड़े निर्णय ले सकते हैं उन्होंने कहा कि देश के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों ने फैसले को मुक्त कंठ से सराहा है इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने फैसले का स्वागत किया है उधर प्रदेश भर में लोगों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया है सर्वोच्च न्यायालय का कल फैसला आने के बाद प्रदेश भर में कई स्थानों पर दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे को बधाईयां दीं और मिठाई बांटकर एकता और भाईचारे का परिचय दिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में शांति है शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गये हैं पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट राम की नगरी अयोध्या के लिए आज की सुबह कुछ खास है स्थानीय लोगों के दिलों में इस बाद की बेहद खुशी है कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या को विवादों से साये से मुक्ति दिला दी आज अयोध्या में रोजमर्स की तरह जिंदगी चल रही है मंदिरों में कीर्तन हो रहे हैं मरिजदों में अजान और सरयू में स्थानीय श्रद्वालु स्नान कर रहे हैं लोग सुबह सुबह नुक्कड़ो और चौराहों पर चाय की चुस्कियों के साथ कल के फैसले की चर्चा करते नजर आ रहे हैं लेकिन शहर में पूरी तरह से अमन चौन बरकरार है प्रशासन सतर्क है और कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी की खबर नहीं है शहर के चपे चपे पर पुलिस तैनात है और प्रशासन अब बारावफात और कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों में जुट गया है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार अयोध्या प्रधानमंत्री ने कल पंजाब में डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर की एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि करतारपुर गलियारे और एकीकृत जांच चौकी के खुलने से दोगुनी खुशी मिली है उन्होंने करतारपुर गलियारे के उदघाटन के बाद गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक पर श्रद्वालुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि करतारपुर गलियारे के खुलने से दरबार साहिब गुरूद्वारा जाना आसान हो जायेगा ये कॉरिजोर इंटिग्रेटिड चेकपोस्ट हर दिन हजारों श्रद्दालुओं की सेवा करेगा उन्हें गुरूद्वारा दरबार साहिब के करीब ले जाएगा कहते हैं शब्द हमेशा ऊर्जा बनकर वातावरण में विद्यमान रहते हैं करतारपुर से मिली गुरू वाणी की ऊर्जा सिर्फ हमारे सिक्ख भाई बहनों को ही नहीं बल्कि हर भारतवासी को अपना आशीर्वाद देगी प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरूनानक देव मानवता के लिए पूज्य और प्रेरणा स्रोत हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी है